इससे किसान कृषि और परिवार से जुडी जरूरते पूरी करने में सक्षम हुए हैं

रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत को बढावा देने के लिए बडे पैमाने पर तैयारी कर रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनका मंत्रालय रक्षा उत्पादन में स्वदेशी तकनीक को बढावा देने के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद एक सौ एक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पांच स्तंभों पर आधारित आत्मनिर्भर भारत का आहवान किया है ये पांच स्तंभ हैं अर्थव्यवस्था आधारभूत ढांचा व्यवस्था जनसंख्या और मांग

आज विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य दुनिया के जनजातीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन है

दौसा जिले में आज सुबह आदिवासी समाज के लोगों ने जिला अस्पताल में जाकर मरीजों को फल वितरित किए इसके बाद सोमनाथ नगर में स्थित मीन भगवान मंदिर पर पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ वहीं सवाईमाधोपुर बांसवाडा जिले में भी इस अवसर पर केई कार्यक्रम आयोजित किये गये प्रदेश में आज से अगस्त कांति सप्ताह मनाया जा रहा है

सवाईमाधोपुर जिले में इस मौके पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में डेढ सौ पौधे लगाकर गांधी वाटिका के रूप में विकसित करने का काम भी शुरू हुआ

राज्य में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी है